मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सीबीआई जांच पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है साथ ही खंडपीठ मामले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालत के गठन के प्रस्ताव पर भी सहमत हो गई है न्यायालय ने राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजकर इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने इस मामले की जांच तेज कर दी है जांच एजेंसी की एक टीम ने आज भी बालिका गृह का दौरा किया इस दौरान टीम ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की सीबीआई ने मामले से संबंधित सभी दस्तावेज स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में ले लिया है टीम ने पटना स्थित समाज कल्याण विभाग का भी दौरा किया इस दौरान प्रभारी सहायक निदेशक से कई मुद्दों पर प्रछताछ की गयी विभाग से सीबीआई को ब्रजेश ठाकुर की विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े पांच साल के दस्तावेज मिल गये हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की कॉल डिटेल्स भी मिल गयी है जिसके आधार पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी गयी है जांच टीम संस्था का सामाजिक अंकेक्षण करने वाली टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के भी संपर्क में है वहीं दूसरी ओर सीबीआई इस बात की भी गंभीरता से जांच कर रही है कि जिस दिन इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी उसी दिन समाज कल्याण विभाग के निदेशक के हस्ताक्षर से कैसे ब्रजेश ठाकुर की संस्था को एक नया कार्य आदेश मिला हालांकि बाद में इस कार्य आदेश को रद्द कर दिया गया था गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश ठाकुर को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराये जाने के मामले में पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद ब्रजेश ठाकुर को जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड ही अब इस मामले में कोई अंतिम फैसला करेगी इधर समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने आज कहा कि कुछ विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता के कारण यह मामला जल्द सामने नहीं आ सका उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल पाये जा रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है इधर पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से प्रकाशित ब्रजेश ठाकुर के अखबारों की जांच शुरू कर दी है ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर से हिन्दी में प्रातः कमल और समस्तीपुर स उर्दू में हालात ए बिहार अखबार का प्रकाशन करता था उस पर आरोप है कि प्रसार संख्या के फर्जी आंकड़ें दिखाकर वह सरकारी विज्ञापन लेता था पीआईबी की टीम ने इस बात की जांच की कि अखबारों की कितनी प्रतियां प्रकाशित होती थीं और उसकी सरकारी रिकार्ड में कितनी प्रसार संख्या दिखायी जाती थी सूत्रों ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर के अखबारों की मान्यता रद्द की जा सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में सभी आश्रय गृहों का संचालन अब राज्य सरकार स्वयं करेगी आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा अब किसी भी गैर सरकारी संस्था को आश्रय गृह का संचालन नहीं करने दिया जाएगा श्री कुमार ने कहा कि सरकार आश्रय गृह के लिए भवन मुहैया कराएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को बालिका गृह और महिला गृह का निरीक्षण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने का आदेश दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जायेगा समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंदेश्वर वर्मा की इस मामले में संलिप्तता के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि विभागीय मंत्री ने अपना पक्ष रखा है यदि जांच के दौरान उनकी भी संलिप्तता पायी जाती है तो उन पर भी कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर प्रकरण में किसी मंत्री को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा पूरी तरह समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के साथ है उन्होंने कहा कि श्रीमती वर्मा के खिलाफ कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले पर हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही शून्यकाल के दौरान कांग्रेस की रंजीत रंजन और राजद के जयप्रकाश नारायण यादव ने ये मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है और दोषियों को बचा रही है इस मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से जवाब की मांग करते हुए दोनों दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गये महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में संचालित बालिका महिला और अन्य आश्रय गृहों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने को कहा है श्रीमती गांधी ने कहा कि मुजफ्फरपुर जैसी घटनाएं नहीं हो इसके लिये इन रिपोर्टो को आधार बनाकर मंत्रालय तुरंत कार्रवाई करेगा भागलपुर जिले के बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप में गृह के तत्कालीन अधीक्षक प्रदीप शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है इधर मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड में गवाह और मधुबनी के आश्रय गृह में स्थानांतरित की गयी गायब बच्ची की पुलिस द्वारा तलाश जारी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित एक सौ तेईसवें संविधान संशोधन विधेयक पर आज संसद की मुहर लग गयी राज्यसभा ने इसे मतविभाजन के जरिये सर्वसम्मति से पारित कर दिया जबकि लोकसभा इसे पिछले सप्ताह मंजूरी दे चुकी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के प्रति आभार व्यक्त किया है जदयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश राज्यसभा के उप सभापति पद के लिये एनडीए के उम्मीदवार होंगे उप सभापति पद के लिये नौ अगस्त को चुनाव होना है मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के पौखरैरा गांव स्थित अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय में विषाक्त भोजन खाने से पचास से अधिक बच्चे बीमार हो गये बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है जिलाधिकारी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून की ट्रफ रेखा पटना के ऊपर से गुजर रही है जिसके चलते प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्यारह सेंटीमीटर बारिश नवादा में जबकि नौ सेंटीमीटर बारिश नालंदा जिले के एकंगरसराय में दर्ज की गयी विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है इधर नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कमला बलान बागमती भूतही बलान महानंदा और गंडक नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से साठ सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं दरभंगा जिले के हायाघाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है सीतामढ़ी के ढेंग सोनखन और डुब्बा घाट में बागमती नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है कमला बलान का जलस्तर मधुबनी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है सहायक लोको पायलट और तकनीशियन की परीक्षा के लिये पूर्व मध्य रेलवे कल दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा पहली ट्रेन दानापुर से सिकंदराबाद के बीच चलेगी यह ट्रेन दानापुर स्टेशन से कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे रवाना होगी वहीं दूसरी ट्रेन पटना से इंदौर के लिये पटना जंक्शन से शाम पांच बजकर पांच मिनट पर रवाना होगी दोनों ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी के बीस बीस अनारक्षित डिब्बे लगाये गये हैं इनका ठहराव बिहार में आरा और बक्सर स्टेशन पर होगा पटना एम्स में आज से इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा शुरू हो गयी है साथ ही ढाई सौ नये बेड और आठ अत्याध्रनिक ऑपरेशन थियेटर भी आज से काम करने लगे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इन सेवाओं का शुभारंभ किया पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौड़ा रोड पर अपराधियों ने एक निजी फाईनेंस कंपनी के कर्मचारी से दस लाख रूपये लूट लिये

औरंगाबाद जिला प्रशासन ने सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में जिले के सभी बीडीओ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पंचायत सचिव और जन सेवकों के वेतन पर रोक लगा दी है